प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत

श्रद्धालूओं ने गंगा सहित विभिन्न नदियों तथा सरोवरों में लगायी आस्था की ड्बकी दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाये मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है सरकार ने अपनी अनुशंसा दिल्ली के उप राज्यपाल को भेज दी है उप राज्यपाल अपना मंतव्य गृह मंत्रालय को भेजेंगे इसके बाद मंत्रालय अंतिम निर्णय के लिये इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा वहीं मुकेश सिंह की ही याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन के अधिवक्ता ने कहा कि निर्धारित तारीख बाईस जनवरी को चारों दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती अधिवक्ता ने दलील दी कि कानून के अनूसार दया याचिका खारिज होने के चौदह दिनों के बाद ही फांसी दी जा सकती है गौरतलब है कि मुकेश सिंह ने अपनी फांसी की सजा निरस्त करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की है ग्रवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है लॉन बॉल स्पर्धा के युगल मुकाबले में खुशबू कुमारी और निकहत खातून की जोड़ी ने बिहार के लिये यह पदक पक्का किया प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक बिहार ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण एक रजत और तीन कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वैशाली जिले के खरौना पोखर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून सीएए के नाम पर अल्पसंख्यकों को गूमराह करने का आरोप लगाया है आज बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार के विकास कार्यों से परेशान लोग कानून के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है देश भर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह चर्चा इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक इसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री प्रश्नों को उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे पिछले वर्ष नवम्बर में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि परीक्षाओं के दौरान वे विद्यार्थियों को हंसते मुस्कुराते और उनके अभिभावकों को तनाव मुक्त देखना चाहते हैं

मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखें पैरेंट्स तनाव मुक्त हों टीचर्स आश्वस्त हों इसी उदेश्य को लेकर पिछले कई सालों से परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं बेगूसराय जिले के केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का भी चयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए किया गया है केंद्रीय विद्यालय बरौनी रिफाइनरी के नौवीं कक्षा के छात्र कुशाग्र ने आकाशवाणी को बताया कि परीक्षा के तनाव दूर करने में यह कार्यक्रम बहुत सहायक है साउंड बाईट मुझे लगता है परीक्षा पर चर्चा एक बहुत ही ठोस कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह यह उन बच्चों के लिये लाभदायक है जो परीक्षा को बोझ समझते हैं और उससे दूर भागते हैं इससे हर बच्चे को परीक्षा से संबंधित ज्ञान शिक्षा और एक रास्ता मिलता है राजद विधायक फराज फातमी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा का कोई मतलब नहीं है श्री फातमी आज जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस मामले में मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा श्री फातमी ने यह भी कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से लोगों को आज दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिली मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी जिससे लोगों को ठंड से मामूली राहत मिलने की संभावना है विभाग ने कहा है कि राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्के से घना कोहरा छाया रहेगा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार के हिस्सों में एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण गोपालगंज सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली बक्सर भोजपुर भभुआ रोहतास जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों में शुक्रवार को हल्की बारिश हो सकती है आज छह दशमलव छह डिगी सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार भागलपुर का नौ दशमलव पांच पटना का नौ दशमलव चार और पूर्णिया का दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मकर संक्रांति का त्योहार आज पारंपारिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य आज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण हो गये हैं इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगायी हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ किया और गरीबों के बीच दान प्रण्य किया मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया वैशाली जिला प्रलिस ने लूट की बढ़ती घटनाओं के मददेनजर सुरक्षा टैक्सी की शुरूआत की है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि बड़ी नकद राशि ले जाने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा के लिये एक नई व्यवस्था की गयी है

सहरसा उत्पाद विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर मोहम्मद फैयाज और एएसआई वीरेन्द्र पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों पर शराब तस्करों को संरक्षण देने का आरोप है शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को अतिथि शिक्षकों के वेतन का भूगतान अगले तीन दिनों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि इसके लिये पैंसठ करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है सीतामढ़ी जिले के ड्मरा में वैकल्पिक देखभाल और प्रनवार्सन केन्द्र का आज उद्घाटन हुआ इस केन्द्र में अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जायेगा अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानपूर टोल प्लाजा के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है शिवहर जिले में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अंतर्गत फलदार पौधों और उन्नत किस्म की सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा समस्तीपूर जिले के कल्याणपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवारा गांव में हथियार बंद अपराधियों ने स्थानीय मुखिया और राजद नेता मोहम्मद शफी अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया लौरिया मुख्य पथ पर जिनवलिया के पास नरकटियागंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी के वाहन की चपेट में आकर एक मोटरसाईकिल सवार दंपति की मौत हो गयी उत्तर प्रदेश पूलिस ने शेखपुरा पूलिस के सहयोग से आठ लाख रूपये ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है वैशाली जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने आये तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत

श्रद्धालुओं ने गंगा सहित विभिन्न नदियों तथा सरोवरों में लगायी आस्था की ड्बकी